प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है राज्य में पेट्रोल ढाई रुपए और डीजल एक रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है इसके अलावा गैरसैंण में जमीन की खरीद पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है सरकार के इस फैसले के बाद गैरसैंण समेत आसपास के क्षेत्र में जमीन खरीदी और बेची जा सकेगी गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली बनायी गयी हैं

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग के लिए सेवा नियमावली और उत्तराखण्ड सचिवालय विनियमतिकरण नियमावली में भी संशोधन किया गया है

यह दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्त करने के लिए मनाया जाता है प्रदेश में भी जगह जगह विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गए अल्मोड़ा में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की शुरूआत की गई कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जनजागरूकता रैली निकाली जिसे जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने रवाना किया इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा के मौके पर अल्मोड़ा में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जायेगा मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि पिछले दशक में जनसंख्या दर में कमी आयी है उधर उत्तरकाशी में जिला महिला चिकित्सालय में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का श्भारंभ किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि अधिक जनसंख्या का मतलब संसाधनों का बंटवारा है इस दौरान आशा कार्यकात्रियों और एएनएम को अपने कार्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं देने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से प्रोत्साहन राशि वितरित की गई स्लग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लोगों को उच्च स्तरीय सूचनाएं और जानकारियां उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है और इस पर रोक लगाना बहुत बड़ा कार्य है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जनता के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है

पर्यावरणविद डॉ त्रिलोक चंद्र सोनी और वन क्षेत्राधिकारी के साथ स्कूली बच्चों ने आंवला अमरूद खुमानी तेजपात आदि के कई पौधों का रोपण किया पर्यावरणविद् डॉ सोनी ने ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या और पेड़ पौधों की अहमियत के बारे में बताते हुए छात्र छात्राओं से जन्मदिन शादी समारोह जैसे खास मौकों पर पौधरोपण करने की अपील की

इन ट्रांसमीटरों से विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को चलते वाहनों में भी आसानी से सुना जा सकता है आकाशवाणी के चीफ इंजीनियर चंद्र भानू सिंह मौर्य ने बाताया कि डिजिटल रेडियो मॉड्यूल के जरिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता एफएम रेडियो के समान हो जाती है साथ ही डीआरएम के जरिए श्रोता एक ट्रांसमीटर से विभिन्न केन्द्रों के कार्यक्रमों को सुन सकते है

उन्होंने कहा कि डीआरएम के कारण अब लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगा साथ ही भविष्य में मौसम यातायात और शेयर बजार से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहेंगी ऐसे में डीआरएम को लेकर श्रोताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है स्लग अन्बंध प्रसार भारती और आई आई टी कानपुर ने आज नई दिल्ली में नई उभरती टेक्नोलॉजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और आई आई टी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं समझौता ज्ञापन आज से प्रभावी हो जायेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए होगी प्रसार भारती और आई आई टी कानपुर आपसी सहमति से सहयोग की शर्तो का विस्तार कर सकते हैं

मौसम विभाग ने आज नैनीताल चंपावत उधमसिंह नगर पिथौरागढ़ चमोली टिहरी पौड़ी देहरादून और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी

मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है बारिश से कुछ स्थानों पर सड़कें बाधित होने की भी खबर है

गोपेश्वर पोखरी मोटरमार्ग तिडोबा और हापला के पास भारी मलबा आने से बाधित हुआ हापला में मार्ग खोल दिया गया है जबकि समाचार लिखे जाने तक तिडोबा के निकट सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी था देर शाम तक इस मोटरमार्ग के सुचारू होने की सम्भावना है वहीं हल्द्वानी में भी बारिश से छह आंतरिक सड़कें बाधित होने की खबर है

पहले चरण में उन गांवों में कार्य किया जाएगा जहां पानी के स्रोत सूख चुके हैं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जल संरक्षण संचयन और संवर्द्धन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि जल संरक्षण अभियान में जिन गांवों के सबसे ज्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे उनमें से प्रथम तीन गांवों को नकद धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा उन्होंने बताया कि जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया जाएगा विभिन्न विभागों द्वारा जल संरक्षण की दिशा में कार्य योजना बनाई गई है

इस दल ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेटोंसे मुलाकात की इस दौरान दल के जवानों ने आईएमए के कैडेट्स को परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार की बहादुरी के बारे में बताया गौरतलब है कि छह जुलाई से चमोली के सीमांत गांव माणा से इस अभियान की शुरूआत की गई थी इसका उद्देश्य देश के असली नायकों और सैन्य इतिहास में अद्वितीय विजय के रणबांकुरों को याद करना है